उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने कलराज मिश्र को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य व अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के कॉलेजों व स्कूलों में दृष्टिबाधित सहित अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए टॉकिंग सॉफ्टवेयर से चलने वाले सुगम्य पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय में उत्तर भारत के पहले सुगम्य प्रस्तकालय का आज लोकार्पण करने के बाद उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकूर ने स्वयं हैडफोन लगाकर टॉकिंग सॉफ्टवेयर से बोलते कम्प्यूटर के माध्यम से अखबार पढ़ा

उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए कुलपति सिकंदर कुमार और प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव के कार्यों की सराहना की इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे बिंदल मेघालय विधानसभा के उपाध्यक्ष टिमोथी डी शिरा ने अन्य अधिकारियों के एक दल के साथ शिमला स्थित प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से आज एक शिष्टाचार भेंट कर ई विधान प्रणाली पर चर्चा की राजीव बिंदल ने उन्हें ई विधान प्रणाली के फायदे बताते हुए इसे पर्यावरण मित्र बताया टिमोथी डी शिरा ने प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली ई निर्वाचन प्रबंधन ई सभिति और ई डायरी जैसी आधुनिक और नई डिजिटल प्रणाली की जानकारी भी ली उन्होंने कहा कि वे इस प्रणाली को जल्द ही मेघालय विधानसभा में स्थापित करने का प्रयास करेंगे बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकूर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह पौधरोपण को भी एक अभियान के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए जसवां परागपुर के सदवां में आज वन महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को पौधरोपण के साथ साथ पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए बिकम ठाकुर ने वन विभाग को बरसात में अधिक से अधिक पौधे लगाकुर पर्योवरण संरक्षण में योगदान देने को कहा उन्होंने सूहीं गांव में जनसमस्याएं भी सूनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

उपायुक्त ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जिले में समय पर संचालित करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए वन अधिकार वन अधिकार संघर्ष समिति ने आज जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में वन अधिकार अधिनियम को लागू करने व इस प्रक्रिया में देरी के लिए विरोध प्रदर्शन किया

सभिति ने अधिनियम को जल्द लागू करने के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा

उन्होंने अन्य राज्यों की तर्ज पर किन्नौर में भी इस अधिनियम को बिना किसी विलम्ब के शुरू करने की मांग की है उपायुक्त ने कहा कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है गोविंद ठाकूर खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने युवाओं से बढ़ती नशे की समस्या से निजात पाने के लिए खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आहवान किया है ताकि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में कर सकें शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज जिला स्तरीय बैडभिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए गोविंद ठाकूर ने प्रतिभागियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आग्रह किया उन्होंने यूवाओं से पर्यावरण संरक्षण को महत्व देने का आहवान किया ताकि जलवायू परिवर्तन की समस्या से निजात पाई जा सके